उन्होंने राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं की समीक्षा की

मुख्यमंत्री ने राज्य में सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को मजबूती से लागू करने का भरोसा दिलाया ताकि लोगों का सामाजिक व आर्थिक कल्याण सुनिश्चित हो सके बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा सहित कई केन्द्रीय मंत्री मौजूद रहे

नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया ये पुरस्कार पाने वाले अनुराग ठाक्र मौजूदा केन्द्र सरकार के एकमात्र मंत्री हैं इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा ये पुरस्कार उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर सहित कई अन्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा खेल और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है अनुराग ठाक्र ने सम्मान मिलने पर खूशी जताते हए इस अवार्ड को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र सहित हिमाचल प्रदेश के लोगों को समर्पित बताया उन्होंने कहा कि उनके द्वारा शुरू किए गए सभी कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हए हैं और ये आगे भी बिना किसी रूकावट के जारी रहेंगे

सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने आज धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र के बरच्छवाड टिहरा और पाड्छू इलाकों में जनसमस्याएं सुनने के दौरान ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं इस हैल्पलाईन की समीक्षा कर रहे हैं ताकि इसकी कार्यप्रणाली को और चुस्त दुरूस्त किया जा सके महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के किसी भी स्थान से लोग टॉल फ्री नम्बर एक एक शून्य शून्य पर काल कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि सरकार ने पारम्परिक कलाओं व हस्तशिल्प को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा है उन्होंने आज सरस मेले के शुभारम्भ अवसर पर कहा कि हस्तशिल्प को पुनः जीवन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना आरम्भ की है वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि इससे ग्रामीण परिवेश के युवाओं का कौशल विकास करने के साथ साथ उन्हें स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे

सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज शाहपुर निर्वाचन क्षेत्र के राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल सिहुंआ के वार्षिक समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया इस अवसर पर उन्होंने छात्रों को नशे से दूर रहकर पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों में भाग लेने का आहवान किया सरवीण चौधरी ने इस दौरान जनसमस्याएं सुनीं और अधिकांश का मौके पर निपटारा कर शेष के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए

मिशन के विशेष सचिव व निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने आज इस केन्द्र का विधिवत शुभारम्भ किया

फिट इंडिया जिला लाहौल स्पिति के शुरदंग की ढलानों में नेहरू युवा केन्द्र व लायुल मांउटेनियरिंग और स्की क्लब के संयुक्त तत्वावधान में फिट इंडिया अभियान के तहत युवाओं को जागरूक किया गया युवाओं ने माईनस तापमान और भारी बर्फबारी में विपरीत परिस्थितियों में स्कीईग कर फिट रहने का संदेश दिया केन्द्र के समन्वयक रामसिंह थॉमस ने बताया कि प्रधानमंत्री के फिट इंडिया अभियान और विश्व स्नो डे के तहत आज लोगों को फिट रहने व ग्लेशियरों के महत्व के साथ साथ उनके संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया उन्होंने बताया कि अभियान के तहत देशभर में साईकिल रैली करवाई जा रहा है मगर लाहौल में भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए स्कीईंग का आयोजन किया गया